पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए

मौसम विभाग ने राज्य में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया

झारखंड में अब तक दो लाख बारह हजार पांच सौ बावन लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है इनमें पांच हजार पांच सौ अठ्ठासी संक्रमित पाये गये हैं एक्टिव केस की संख्या दो हजार आठ सौ सैंतालीस है वहीं स्वस्थ होनेवाले दो हजार सात सौ इकतालीस है फिलहाल पूर्वी सिंहभूम रांची और हजारीबाग में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं दुमका गोड्डा जामताड़ा व खूंटी में सबसे कम संक्रमित मिले हैं पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा आठ सौ तीस संक्रमित मिले हैं इसमें एक्टिव केस चार सौ चौहत्तर है रांची में सात सौ सताईस संक्रमित मिले हैं जबकि एक्टिव केस चार सौ पचहत्तर है

एक अन्य कर्मी प्रखंड का है लेकिन वह बिहार से संबंधित है

जिले में अब तक दो सौ छत्तीस लोग कोरोना संक्रमण के खिलाफ जीत हासिल कर वापस घर लौट चुके हैं इधर लातेहार में कल छब्बीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिसमें सीआरपीएफ के दस जवान भी शामिल हैं अब तक जिले में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या दो सौ चार हो गई है जिसमें छियासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल कोरोना के क्ल एक सौ अड़तीस एक्टिव मामले रह गये हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इस अभियान का उद्घाटन किया

डॉ हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वारियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका कोई भी व्यक्ति महीने में दो बार प्लाज्मा दान कर सकता है उन्होंने बताया कि प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती प्लाज्मा दान करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे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

वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिजली विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने और उनके कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक कदम उठाए हैं हाल में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में तीन अध्यादेश जारी किए हैं

अध्यादेश का उद्देश्य कृषि उपज विपणन समिति मंडी के दायरे से बाहर बाजार उपलब्ध कराना है जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सके

इसके लिए सेवा वेलफेयर सोसाईटी ने खूंटी प्रखंड के डेव और मुरह प्रखंड के कोजड़ोंग गांव के तेईस किसानों को लेमनग्रास और तुलसी की खेती को लेकर एक्सपोजर विजिट कराया

किसानों ने लगातार सात घंटे तक फार्म में रहकर फसलों को देखा और विजय सिंह ने किसानों को प्रशिक्षण दिया मौसम विभाग ने राज्य में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है

उन्होंने बताया कि उन्नीस जुलाई तक मानसून कमजोर रहने से अनुमान से तेरह प्रतिशत बारिश कम हुई है सिर्फ रांची के कुछ हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है राज्य के विभिन्न हिस्सों में हई वजपात की घटना में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन लोग झूलस गए हैं सबसे ज्यादा तीन मौतें गिरिडीह में हुई जबकि लातेहार और हजारीबाग में दो दो लोगों की मौत हुई इसके अलावा चतरा और लोहरदगा में भी एक एक व्यक्ति की जान गई पशिचमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर तांतानगर और खूंटपानी प्रखंडों में महिलाओं द्वारा सूक्ष्म टपक सिंचाई से गहन सब्जी उत्पादन योजना चलाई जा रही है

पूर्वी सिंहभूम राज्य का पहला डिजिटल जिला बनेगा इसमें पचहतर प्रतिशत काम पूरा हो गया है शेष काम पूरा करने की अंतिम तारीख इकतीस अक्टूबर रखी गई है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा चयनित इस जिले में डिजिटल मोड पर काम जारी है जैसा कि आपको मालूम हो आरबीआई ने कुछ महीने पहले गाइडलाइन जारी किया था जिसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिला का चयन किया गया पूर्वी सिंहभूम जिले में इंटर आर्ट्स की टॉपर को रांची महिला कॉलेज की प्राचार्य ने सम्मानित किया

राज्य से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राम मंदिर निर्माण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अपने पहले पन्ने पर पिछले चौबीस घंटों में एक सौ नवासी मरीज मिलने की पुष्टि की है वहीं राज्य में वजपात से नौ लोगों की मौत की खबर भी प्रमुखता से ली गई है

इसमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित दूसरें नंबर पर रांची सबसे कम संक्रमित दुमका में बताया गया है दैनिक भास्कर ने श्रमिक लौटे तो देश ने श्रमशक्ति पहचानी परिवार खर्च के लिए एडवासं डेढ़ गुना पगार लौटने के लिए एसी बसें शीर्षक खबर के साथ श्रमिकों को अन्य राज्यों में वापस बुलाने की कोशिशों को बताया है हिन्दुस्तान टाईम्स ने केंद्र द्वारा राज्य सरकार के सूखा राहत पैकेज को नामंजूर करने और राजस्थान में राजनीतिक संकट की खबर को प्रमुखता से बताया है रांची एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री द्वारा शहीद ए एस आई को श्रद्वांजलि देने और राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्य बाईस जुलाई को शपथ ग्रहण लेने वाली की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने वज्रपात से आठ की मौत खबर को प्रमुखता से लिया है

समाप्त